प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल दवारा मंजूर किए गए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान से किसान सशक्त होंगे और कृषि क्षेत्र में मजबूती आएगी कई ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के मेहनतकश किसानों का आभारी है

काबिले गौर है कि कल केंद्रीय मंत्रमंडल ने किसानों के हितों के लिए उठाए जा रहे कदमों को आगे बढाते हए नई व्यापक नीति पीएम आशा को मंजूरी दी है इस नई नीति का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिलना स्निश्चित करना है आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि यह योजना राज्यों को मुआवजा योजनाओं में से एक को चुनने की आजादी देगी और निजी अर्जेंसियों दवारा खरीद का रास्ता खोलेगी पीएम आशा योजना के तहत राज्यों को मौजूदा मूल्य समर्थन योजना नई भावांतर भरपाई योजना और निजी खरीदारी योजना में से किसी एक को फसल खरीद के लिए च्नना होगा जब फसल का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे होगा

इसमें दो या दो अधिक अधिक दवाओं के निश्चित मिश्रण को एक ख्राक के रूप में लिया जाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने छह अन्य मिश्रण और बिक्री को भी क्छ प्रतिबंधों के साथ सीमित कर दिया है हरियाणा प्लिस में शीघ्र ही पांच हजार जवानों की भर्ती की जायेगी हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचक्ला के सेक्टर तीन स्थित प्लिस हाऊसिंग कारपोरेशन व डी पी एन डी के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय छठी ऑल इंडिया प्लिस हाऊसिंग सम्मेलन में बोलते यह जानकारी दी इस सम्मेलन में देशभर के बीस राज्यों के प्लिस हाऊसिंग कारपोरेशन के प्रमुख और लगभग चालीस तकनीकी व अन्य विशेषज्ञ भाग ले रह है मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि हरियाणा प्लिस को देश की अग्रणी प्लिस बनाने के लिए सरकार के विरूदव है और इसके लिये वित्तीय सहायता में कोई कमी नहीं होने दी जायेगी उन्होंने कहा कि सरकार ने प्लिस को पूर्ण रूप से तनाव मुक्त और समाज के साथ फ्रेडली बनाने के लिए जिला व उपमंडल स्तर पर राहगिरी कार्यक्रम आयोजित किये है उन्होंने कहा कि प्लिस समाज का आईना होती है यदि प्लिस का व्यवहार अच्छा होगा तो सकारात्मक परिणाम निकलेगें

म्ख्यमंत्री ने कहा कि साढ़े चार हजार एसपीओ की भर्ती प्रक्रिया भी अमल में लाई गई है साथ ही हरियाणा के उन्तीस महिला प्लिस थाने खोले गये है व उप मंडल स्तर पर महिला हैल्प डेस्क स्थापित किये गये है

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के लिए हरियाणा प्लिस में भर्ती का प्रावधान भी किया गया है सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए डीपीएनडी के महानिदेशक ए पी महेश्वरी ने कहा कि एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्लिस वैज्ञानिक इस शिविर में विचार कर रहे है शिविर में कार्यालयों मे उपयोग होने पानी की रिसाइकलिंग और उसके सरंक्षण पर भी विचार किया जा रहा है म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्लिस विभाग को लोगों के करीब लाने के लिए सार्थक प्रयास किये जा रहे है वे आज पंचकुला में पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन के सम्मेलन में भाग लेने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे महिला स्रक्षा पर उन्होंने कहा कि द्र्गा ऐप को प्रदेश में सबसे पहले उनकी सरकार ने ही श्रू किया अभ्य चौटाला द्वारा करण दलाल को गोली मारने की धमकी बारे प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता भलीभांति अन्मान लगा सकती है कि वे लोग कैसे है और जनता ही तय करेगी कि उन्हें विधानसभा में आने देना चाहिए या नहीं सर्वकर्मचारी संघ पर एस्मा लगाये जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बसों का टेंडर हो चुका है इस विषय पर कोई समझौता नहीं होगा जय सिंह बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ने और भाजपा आने बारे प्छे जाने पर उन्होंने कहा कि जो समाज में अच्छे लोग है वे भाजपा में आ सकते है उन्होंने बताया कि हरियाणा दिवस के मौके पर भाजपा महारैली का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रधानमंत्री को न्यौता दिया जायेगा पर्यटन् क्षेत्र में भारत में द्निया के अन्य देशों के मुकाबले अभूतपूर्व विकास हआ है

केन्द्रीय पर्यटन् राजय मंत्री के जे अल्फांस ने रोहेतक में आयोजित एक समारोह में कहा कि पिछले साल डेढ़ करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आये और करोड़ों रूपये की आमदनी हई अगले तीन सालों में पर्यटन विभाग ने इस आया को दुना करने का लक्ष्य रखा है मंत्री ने कल रोहतक स्थित निलयार पर्यटन स्थल पर मल्दी मीडिया लेज़र व साउंड शो का श्भारंभ किया इसमें हरियाणा की संस्कृति को दिखाया जायेगा समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने की अपने सम्बोधन में के जे अल्फांस ने कहा कि आने वाले दिनों में केन्द्रीय पर्यटन् विभाग हरियाणा के लिए सौ करोड़ रूपये की परियोजना लेकर आयेगा उन्होंने कहा कि गत चार वर्षो में एक करोड़ छियालिस लाख लोगों को पर्यटन के क्षेत्र मे रोज़गार प्रदान किया गया है भिवानी के धनाना गांव पहुंचे सांसद द्वंयंत चौटाला ने आज तीन बार यूथ वर्ल्ड बाकसिंग चैम्पियन रही नीतू व साक्षी धण्धस को सम्मानित किया इस अवसर पर सांसद ने उनकी स्विधा के लिए गांव के कन्या स्कूल में अपने सांसद कोटे से बॉकसिंग रिंग व जिम बनवाने की घोषणा भी की मीडिया से बातचीत मे सांसद दृष्यंत चौटाला ने विधानसभा में अभय चौटाला व करण दलाल के बीच हुए घटनाक्रम को गलत बताया और कहा कि लोकसभा हो या विधानसभा जिला परिषद हो या कोई अन्य सदन ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए

शीर्ष अदालत ने इन राज्यों संघीय क्षेत्रों तथा सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्टार जरनल से कहा है कि वो सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित ऐसे सभी मामलों की जानकारी दे जिनहे सांसदों व विधायकों के लिए गठित विशेष अदालतों में भेजा जा सकता है